्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का दिया मंत्र फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकोल की शुरूआत की

आज वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करते हए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयसेवकों ने सामाजिक दरी के निर्देशों का पालन करने तथा मास्क के प्रयोग को लेकर जागरुकता का प्रसार किया

पुरस्कार पाने वालों में जयपुर से डॉक्टर रितु मेहरा बुलबुल पाठक और मोहम्मद आदिल शामिल हैं मोहम्मद आदिल पिछले दिनों कोरोना पॉज़िटिव होने के कारण दिल्ली नहीं जा सके आकाशवाणी से बातचीत में श्री आदिल ने बताया कि युवा ही समाज को आगे ले सकते हैं इसलिए युवाओं को सहयोग के लिए आगे आने की जरूरत है श्री आदिल ने बताया कि उन्होंने एड्स कंट्रोल सोसाइटी और यूनिसेफ के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्यों में योगदान दिया

इस दौरान उन्होंने देशवासियों को तंदुरूस्ती के लिए फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र दिया श्री मोदी ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकोल की भी शुरूआत की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर लगातार जागरुकता बढ रही है

कोरोना महामारी के दौरान लोगों को घर बैठे ही चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ई संजीवनी एप श्रीगंगानगर में काफी कारगर साबित हो रहा है सीएमएचओ गिरधारी लाल मेहरड़ा ने बताया कि ऑनलाइन परामर्श से सरकारी अस्पतालों में लोगों की भीड़ में कमी आई है

उधर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में जिला कलेक्ट्रेट ने पोस्ट कोविड आईसीयू वार्ड का विधिवत उद्घाटन किया

यहां ऐसे मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव रहते हुए सुपर स्पेशियलिटी सेंटर में उपचाराधीन थे मगर कोविड नेगेटिव होने के बाद भी उन्हें आईसीय की जरूरत रहती है ऐसे रोगियों को इस वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा

कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने आज नो मास्क नो एन्ट्री अभियान की शुरूआत की सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर ने नो मास्क नो एन्ट्री पोस्टर का विमोचन किया टोंक में नेहरु युवा केन्द्र की ओर से गौरव पथ पर स्थित मेडिकल की द्कानों और डाइग्नोस्टिक सेंटरों पर हाइपोक्लोराइड का छिडकाव किया गया और कोरोना वायरस के प्रति जागरुक किया गया

मंत्रिमंडल ने श्री अंगडी की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि उनके निधन से राष्ट्र ने प्रसिद्ध नेता शिक्षाविद विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है श्री अंगडी का कल देर शाम नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था

सीबीएसई ने आज न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को इस बारे में सूचित किया

वेबिनार में सवाई माधोपुर के अग्रणी बड़ौदा बैंक के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना के चलते छोटे बड़े मध्यम उद्योगों के साथ साथ गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए बैंक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता दे रहे हैं वेबीनार को संबोधित करते हुए ब्यूरो की निदेशक ऋतु शुक्ला ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर विशेष पैकेज में सरकार की ओर से दी जा रही वित्तीय सहायताओं के बारे में जानकारी दी

बांसवाड़ा में इस मौके पर बच्चों को टीके लगाये गये अस्पताल आने वाली महिलाओं को कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया करौली सवाईमाधोपुर और सिरोही में भी एमसीएचएन सत्र आयोजित कर महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण और पोषण सम्बन्धी सेवाएं उपलब्ध करवाई गई